चतरा की महत्वाकांक्षी परियोजना एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा प्लांट में मार्च से शुरू होगा बिजली उत्पादन ब्यायलर का किया गया सफल परीक्षण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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरूआत की इससे केन्द्रशासित प्रदेश के सभी लोगों और समुदायों को उत्कृष्ट और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और उनका वित्तीय जोखिम कम होगा कार्यक्रम को गृहमंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी संबोधित किया गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में जम्मू कश्मीर पहला राज्य है जहा हर नागरिक को इसकी सुविधा मिलेगी

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क तथा आकशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर एप पर भी प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा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 झारखंड में अबतक सैंतालीस लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है कल बारह हजार से अधिक कोविड टेस्ट किए गए कल कोरोना के एक सौ सरसठ नए मरीज मिले जबकि एक सौ छिहत्तर लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी मिली राहत की बात रही कि कल एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है

कोरोना से अब तक एक हजार सोलह मरीज की मौतें हुई हैं वहीं प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट सनतानबे दशमलव सात एक प्रतिशत हो गई है

साथ ही कोविड मृत्युदर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत रह गई है

कोविड महामारी के कारण उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य संकट की पृष्ठभूमि में आयुष मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उनके स्वस्थ होने की दर में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं मंत्रालय ने स्व देखभाल दिशानिर्देशों और प्रतिरक्षा के लिए निवारक स्वास्थ्य उपायों के बारे में एक परामर्श जारी किया है आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ आयुर्वेद और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की मदद से कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास किए गए हैं मंत्रालय ने आयुष के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता बढाने के लिए तीन महीने का अभियान शुरू किया है इस वर्ष अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों की मदद से आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल हैदराबाद में भारत बायोटेक के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्ण एल्ला और संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एल्ला के साथ स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन की स्थिति पर चर्चा की इस दौरान भारत के साथ ही विदेशों में भी इस टीके को उपलब्ध कराने की योजना पर बात की गई उपराष्ट्रपति ने स्वदेशी तकनीक से विश्व स्तरीय उत्पाद तैयार करने के लिए निजी और सार्वजनिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला और इस संदर्भ में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और भारत बायोटेक के बीच किए गए करार की सराहना की

उन्होंने विश्व में भारत को पहले नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने के बारे में भी बताया श्री गडकरी ने कहा कि वे कई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं

चतरा जिले की औद्योगिक नगरी टंडवा प्रखंड में स्थित एनटीपीसी की नॉर्थ कर्णपुरा मेगा ताप विद्युत परियोजना से मार्च महीने से बिजली उत्पादन शुरू होगी कल परियोजना के बॉयलर का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक असीम कुमार गोस्वामी ने बताया कि इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर श्रद्वांजलि स्वरूप समर्पित किया जा रहा हैं

शिलान्यास के दो दशक बाद इस परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने जा रहा है बहुप्रतीक्षित योजना के शुरू हो जाने के बाद चतरा जिले में बिजली की समस्या न सिर्फ दूर होगी बल्कि चतरा से सटे दूसरे जिलों के साथ साथ कई अन्य राज्यों को भी इस परियोजना से बिजली मिल सकेगी पूर्वी सिंहभूम जिले में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की सूची तैयार कर ली गई है जिले के एक लाख चार हजार लोगों को फरवरी महीने से एक रुपये की दर पर हर माह पांच किलो गेंहू या चावल की आपूर्ति की जायेगी

केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर स्थलों को छोड़कर भारतीय पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निशुल्क शूटिंग करने की इजाजत दे दी है

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर धरोहर भारतीय भाषा संवर्धन भारतीय परम्परा और संस्कृति स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संघर्ष लोक संगीत तथा भाषा और पर्यटन से संबद्ध परियोजनाओं पर कार्य कर रहे व्यक्ति तथा एंजेसियों को शूटिंग पर लगने वाले शुल्क में छूट दी गई है इस छूट की शुरूआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन स्थलों पर शूटिंग करने के लिए ऑनलाइन अनुमति अनिवार्य होगी भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा रखरखाव वाले इन स्थलों पर अब वीडियो बनाने और फोटो लेने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र से पुलिस ने चार अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है

विशेष टीम ने अपराध की योजना बनाते समय सभी को गिरफ्तार कर लिया इनके पास से हथियार कई कारतूस और एक वाहन बरामद हुए हैं गिरफ्तार अपराधी महागामा में हो रहे सीरियल हत्याकांड रंगदारी और लूट के मामले में शामिल रहा था